साढ़े तीन साल में तैयार होने वाले इस पुल पर खर्च होंगे लगभग उनतीस अरब रूपये

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान पेथाई के कारण प्रदेश में ठंड बढ़ी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पटना में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नये पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या उन्नीस पर चार लेन के साढ़े पांच किलोमीटर से अधिक लंबे नये पुल के निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी है इस पर उनतीस अरब छब्बीस करोड़ रुपये से अधिक की लागत आयेगी इस संबंध में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पुल का निर्माण साढ़े तीन वर्ष में पूरा कर लिया जायेगा जनवरी दो हजार तेईस तक इसके निर्माण का लक्ष्य है केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सभी गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए उज्ज्वला योजना का विस्तार करने की स्वीकृति दे दी है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थी सूची के विस्तार की मंजूरी दी यह जानकारी देते हुए केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बताया कि मंत्रिमंडल ने उन गरीब परिवारों को बिना कोई राशि जमा किये हुए रसोई गैस देने का फैसला किया है जो इस योजना में शामिल नहीं हो पाये थे पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि प्रदेश के सात जिलों की सड़कों के जीर्णोद्वार के लिए इकानवे करोड़ रुपये से अधिक की राशि के खर्च को मंजूरी दी गई है उन्होंने बताया कि इस राशि से बेतिया और मुंगेर के अलावा मधेपुरा पूर्णिया मधुबनी भोजपुर और सारण जिलों की सड़कों की मरम्मत की जायेगी राज्य सरकार प्रदेश में खादी केन्द्र खोलने के लिए नब्बे प्रतिशत का अनुदान देगी बिहार में खादी के कायाकल्प के लिए बनायी गयी नयी खादी नीति में यह प्रावधान किया गया कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जायेगा नयी नीति के अनुसार खादी के उत्पादन तकनीक डिजाइन बाजार और गुणवत्ता सहित हर पहलु को ध्यान में रखते हुए इसका विकास किया जायेगा खादी संस्थानों के लिए जमीन पट्टा लेने को स्टाम्प ड्यूटी पर सौ प्रतिशत प्रतिपूर्ति राज्य सरकार देगी राज्य के पैक्सों को धान खरीद के लिए पच्चीस सौ करोड़ रूपये उपलब्ध कराये गये हैं राज्य में इस वर्ष तीस लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य है

तूफान के असर से राजधानी पटना गया भागलपुर और पूर्णिया समेत राज्य के कई इलाकों में रूक रूक कर हल्की बारिश का क्रम जारी है जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गयी है मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले छत्तीस घंटों में राजधानी पटना का अधिकतम पारा पांच डिग्री सेल्सियस तक नीचे आया है पछ्आ हवा और आद्रता बढ़ने के कारण रात में ठंड और बढ़ने की उम्मीद है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार राजधानी पटना समेत राज्य के कई इलाकों में आज भी आकाश में बादल छाये रहने की उम्मीद है

ठंड और कोहरे के कारण रेल सड़क और हवाई यातायात पर बुरा असर पड़ा है कई महत्वपूर्ण ट्रेनें घंटों देरी से चल रही है जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है विमान परिचालन भी बाधित है कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार रबी की फसलों के लिए यह ठंड लाभदायक है

यह जानकारी देते हुए अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एसएस चटर्जी ने बताया कि अगले पांच माह में अस्पताल में बेड की संख्या एक सौ पैंतालीस से बढ़ाकर तीन सौ कर दी जायेगी उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना का दूसरा संस्थान है जहां ओपेन हार्ट सर्जरी की सुविधा मिल रही है समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना के नागरबस्ती गाँव के पास कल देर रात एक बस के पलट जाने के कारण करीब बीस स्कूली बच्चे घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड के भानपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय से राजगीर टूर पर गए बच्चो को लेकर बस वापस लौट रही थी तभी उक्त स्थान पर अचानक बस पलट गई घायल बच्चों को समस्तीपुर सदर अस्पताल मे भर्ती कराया गया है राज्य में चौबीस दिसम्बर से पॉलिथीन पर लगने वाले बैन को लेकर आम लोगों को पॉलिथीन का विकल्प देने की तैयारी शुरू हो गयी है इसके लिए राज्य के सभी प्रखंडों में जीविका दीदियां पॉलिथीन का विकल्प तैयार कर रही हैं विकल्प के रूप में कागज कपड़ा पेपर और जूट के बैग बनाये जा रहे हैं स्टार्ट अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत बैग बनाने का काम किया जा रहा है पटना के छज्जूबाग स्थित हिन्दी भवन में कपड़ों के थैलों की बिक्री के लिए एक केन्द्र भी खोला गया है नालंदा का प्रसिद्ध सिलाव का खाजा मिठाई जीआई टैग पाने वाली बिहार की पहली मिठाई हो गयी है जीआई टैग यानि जियोग्राफिकल इंडिकेशन के क्षेत्र में बिहार के मिठाइयों की यह पहली औपचारिक इंट्री है इसके पहले हस्तकरघा उद्योगों कतरनी धान और मगही पान को ही जीआई टैग मिला था जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के खपरिया मोड़ के निकट से पुलिस ने दो सौ चौरानवे कार्टन विदेशी शराब बरामद किया है वहीं मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र के कमलाबलान पुल के निकट से पुलिस ने पांच शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर एक हजार पचपन लीटर विदेशी शराब बरामद की इधर सीवान जिले के मैरवा थाना के जिला मोड़ के निकट से पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर दो सौ बोतल विदेशी शराब जब्त किया आईपीएल के बारहवें संस्करण की नीलामी आज से शुरू हो रही है इस बार के नीलामी सत्र में इसी सत्र से घरेलू क्रिकेट में शामिल किये गये बिहार समेत नौ राज्यों के खिलाड़ियों को भी शामिल किया जा रहा है इस सत्र में कुल तीन सौ छियालीस खिलाड़ियों पर बोली लगायी जायेगी रोहतास जिले के शिवसागर थाना प्रभारी को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र के यादव चौक के निकट अपराधियों ने ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से पांच लाख रूपये लूट लिये राजधानी पटना के श्रीकृष्णापुरी थाना क्षेत्र में सीएनएस अस्पताल के निकट अपराधियों ने सेवानिवृत कर्मचारी से एक लाख रूपये लूट लिये आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने लिखा है गांधी सेतु के समानांतर पुल को मंजूरी अखबार की एक अन्य खबर है तीन तलाक बिल लोकसभा में पेश दैनिक जागरण ने उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगों में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुर्खी बनाते हुए लिखा है सज्जन कुमार को उम्र कैद सुनाने वाले जज कोर्ट रूम में हुए भावुक प्रभात खबर लिखता है राजधानी में देर रात ब्रंदाबादी बढी ठंड दैनिक भास्कर ने सुजन घोटाले की खबर को सुर्खी बनाते हुए शीर्षक दिया है आईजी अमित जैन और उनके रिश्तेदार भी घोटाले में शामिल सृजन के खाते से इनके बैंक खाते में डाले थे सत्ताईस लाख रूपये

साढ़े तीन साल में तैयार होने वाले इस पुल पर खर्च होंगे लगभग उनतीस अरब रूपये

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान पेथाई के कारण प्रदेश में ठंड बढ़ी